उधर कल बाडमेर में भी पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद कितनोरिया गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है पुलिस प्रशासन ने यहां पूरी तरह से आवाजाही रोक दी है संकमण प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्क्रीनिंग के काम में जूटी है

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने प्रदेश के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए है निर्देशों में कहा गया है कि ये मास्क थ्री लेयर मास्क या घर में बने हुए कपडे के मास्क भी हो सकते है घर में बने हुए मास्क को एक बार काम में लेने के बाद अच्छी तरह से धोने और सैनेटाइज करने के बाद ही काम में लिया जाना आवश्यक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संकमण की रिथति की समीक्षा की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में स्कूलों कॉलेजों सहित समी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र की स्थिति और आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने प्रदेश में लॉक डाउन जारी रहने तक सभी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों से तीन महीने की अग्रिम फीस नहीं लेने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेजों में यथासंभव ऑनलाईन लेक्चर और ई लर्निंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए

प्रदेश में भी इसे लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है ये फोर्स विभिन्न वन क्षेत्रों और वन्य जीवों में वायरस के संकमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठायेगी सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रणम्भौर बाघ अभ्यारण्य में भी इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है